सुरजपुर जिले में बीती रात हाथियों के हमले में दो ग्रामीणों की मौत

मेडिकल कॉलेज अस्पताल मेकाहारा प्रबंधन ने इसकी पुष्टि की है यह युवक झारखंड का रहने वाला है और लॉकडाउन में वह सूरजपुर में फंस गया था सूरजपुर के कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि इस युवक को लॉकडाउन के दौरान झारखंड की सीमा पर पकड़ा गया था उसे वहीं पर क्वारेंटाइन किया है जांच के लिए युवक का सैंपल रायपुर के मेकाहारा अस्पताल भेजा गया था जहां से उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इस बीच रायपुर एम्स से दो मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छटटी दे दी गई है इन्हें मिलाकर अब तक चौंतीस मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं वर्तमान में कोरोना से संक्रमित चार मरीजों का इलाज चल रहा है जबकि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित अडतीस मरीजों की पृष्टि हई है गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए बीती रात तक चौदह हजार नौ सौ सत्यासी लोगों के सैंपल लिए गए थे जिनमें से सैंतीस लोगों के सैंपल पॉजीटिव मिले हैं वहीं तेरह हजार आठ सौ बयासी सैंपल निगेटिव पाए गए जबकि एक हजार अड़सठ लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है कोरोना कोटा बच्चे वापसी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन के बीच राजस्थान के कोटा शहर में फंसे बाईस सौ से अधिक छात्र छात्राएं आज सुबह सकृशल छत्तीसगढ़ लौट आए संतानवे बसों में सवार सभी विद्यार्थियों को पुलिस सुरक्षा और डॉक्टरों की मौजूदगी में बस से उतारवाया गया इसके बाद सभी छात्र छात्राओं का रैपिड टेस्ट से स्क्रीनिंग की गई स्वास्थ्य जांच करने के बाद उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया है छत्तीसगढ वापसी के बाद सभी विद्यार्थियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत अलग अलग जगहों पर क्वारेंटाइन में रखा गया है क्वारेंटाइन सेटरों में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग समी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है इन सेटरों भें छात्र छात्राओं के रहने खाने पीने के साथ ही सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं इस बीच राजधानी रायपुर में सात सौ से अधिक बच्चों को लाया गया है जिन्हें सड़डू के पास स्थित प्रयास आवासीय बालक छात्रावास प्रयास आवासीय बालिका छात्रावास गुढियारी ज्ञान गंगा स्कूल छात्रावास एनएच गोयल स्कूल छात्रावास और राज्य वन अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र में बने क्वारेंटाइन सेंटरों में रखा गया है वहीं बिलासपुर के जैन इंटरनेशनल स्कूल दर्ग के विज्ञान विकास केन्द्र में क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है इसी तरह अन्य शहरों में बने क्वारेंटाइन सेंटर में भी बच्चों को रखा गया है सभी बच्चे चौदह दिनों तक आइसोलेशन में रहेंगे रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने प्रयास संस्था के बालक और बालिका छात्रावास पहुंच कर कोटा से आए बच्चों से मुलाकात की और कहा कि वे हिम्मत बनाय रखे और अपने माता पिता को अपनी सकृशलता की जानकारी दें छात्र छात्राओं की सकूशल वापसी में प्रशासन पुलिस परिवहन और चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही वाहन चालकों और परिचालकों की अहम भूमिका रही है राज्य वापसी पर जहां छात्र छात्राएं खुश हैं वहीं उनके अभिमावकों ने भी राहत की सांस ली हैं कोरोना मोबाइल ऐप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में कोरोना से संबंधित शासकीय परामर्श आदेश और जानकारियों को ह का प्रमुख राम नागरिकों तक पहचाने के लिए विकसित कवच मोबाइल ऐप का शमारंभ किया इस मोबाइल ऐप को स्वास्थ्य विभाग और चिप्स के द्वारा बनाया गया है इस ऐप में राज्य के संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोनो मामलों के जानकारी रियल टाईम पर डैश बोर्ड के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी इस ऐप में कोविड उन्नीस ई पास के लिए आवेदन करने की सुविधा भी है इस ऐप से प्रदेशवासियों को अस्पताल और नोडल अधिकारियों का विवरण मिलेगा साथ ही नागरिकों को उनके निवास के निकटतम अस्पताल की जानकारी भी मिलेगी जहां मरीज किसी भी लक्षण की दशा में पहुंच सकते हैं सीएम केन्द्रीय खाद्य मंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर प्रदेश को शक्कर के विक्रय के लिए पचास हजार मीटरिक टन का कोटा एकमश्त जारी करने का आग्रह किया है उन्होंने पत्र में लिखा है कि शक्कर विक्रय के लिए कोटा निर्धारित होने के ैकारण प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा उत्पादित शक्कर का विक्रय नहीं हो पा रहा है उन्होंने लिखा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के सामने प्रतिकूल वित्तीय स्थिति निर्मित हो गई है प्रदेश में चार शक्कर कारखाने सहाकारी क्षेत्र में संचालित हैं जिमसे सत्यासी हजार मीटरिक टन से अधिक शक्कर का भंडारण है ऐसे में किसानों को उनकी मांग के अनुसार विक्रय की छूट दी जाए कोरोना केन्द्र कर्मचारी खांडन केन्द्र सरकार ने इस खबर का खण्डन किया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण वह अवकाश नकदीकरण ओवरटाइम भत्ता विकित्सा भत्ता तथा कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं में कटौती करने जा रही है पत्र सूचना कार्यालय ने टिवटर पर स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही और यह खबर झठी तथा निराधार है

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सेनेटाइजेशन ड्राइव चलाकर कार्यालयों की साफ सफाई सेनेटाइजेशन रंग रोगन और हाथ धोने की व्यवस्था जैसी तैयारियां जल्द से जल्द की जाएं श्री बघेल ने कहा है कि निकट भविष्य में लॉकडाउन समाप्त होने और शासकीय कार्यालयों में काजकाज प्रारंभ होने की संभावना है यहां बड़ी संख्या में आमजनों का आना स्वभाविक है इसलिए सेनेटाइजेशन की व्यवस्था की जाए ताकि कोरोना संक्रमण की प्रसार की गति नियंत्रित हो सके कोरोना सीबीएसई परीक्षा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई दसवीं और बारहवीं कक्षा की बाकी बची परीक्षाओं को लॉकडाउन के बाद आयोजित करेगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि पूर्णबंदी समाप्त होने और स्थिति सामान्य होने पर सरकार परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करेगी श्री निशंक देशमर के अभिमावकों से ऑनलाइन माध्यम से संवाद कर रहे थे मानव संसाधन विकास मंत्री ने अभिभावकों को परामर्श दिया कि बच्चों को दिनभर पढ़ने के लिए मजबूर न करें और अपनी इच्छा से पढ़ने दें उन्होंने बताया कि जो परीक्षाएं हो चुकी हैं सीबीएसई उनका मूल्यांकन जल्दी ही आरंभ करेगी कोरोना स्वास्थ्य मंत्रालय लक्षण केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन लोगों को घरों में अलग से रहने के दिशा निर्देश जारी किये हैं जिन्हें कोरोना वायरस के बहुत कम लक्षण हैं या उनके लक्षण पहले चरण में हैं जिन मरीजों को अलग रहने की आवश्यकता है उनके पास अपने घरों में ही अलग से रहने का विकल्प होगा घरों में अलग से रहने के लिए रोगियों को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उसकी दिन रात देखभाल कर सके

दूर्ग जिले में जिला प्रशासन द्वारा सोलह अप्रैल से प्रारंभ किए गए डोनेशन ऑन व्हील्स से अब तक छप्पन हजार रूपए की राशि लोगों ने आपदा पीडितों को दी है साथ ही तीन टन से अधिक अनाज भी ग्रामीणों ने दान किया है यह वाहन अब तक दो सौ छियासी गांवों का भ्रमण कर चुका है वहीं भिलाई नगर निगम में आवश्यक सेवा के कार्यो में लगे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को थर्मल स्क्रीनिग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है निगम के सुरक्षा कर्मी अति आवश्यक कार्य से आने वाले लोगों को ही प्रवेश दे रहे हैं और उनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं कार्यालयों में खिडकी दरवाजे टेबल कर्सी में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है अधिकारियों और कर्मचारियों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क का उपयोग करने के भी निर्देश दिए गए हैं उधर महासमुंद जिले के पिथौरा में कोरोना योद्वा द्वारा निकाले गए फ्लैग मार्च का शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया फ्लैग मार्च थाना परिसर से प्रारंभ हुआ जो लहरौद पड़ाव चौक रावणभाटा चौक मंदिर चौक रानीमहल मैदान बस स्टैंड से होकर थाना परिसर पहुंचा फ्लैग मार्च का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक प्रफूल्ल कमार ठाकर ने किया फ्लैग मार्च में राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मेचारी बडी संख्या में शामिल हुए इसी जिले में बागबाहरा नगर पालिका की टीम ने नगर के एक दुकानदार से अवैध रूप से गुटखा गुड़ाखू तम्बाकू और सिगरेट बेचने के आरोप में अट्ठारह हजार का जुर्माना वसूल किया साथ ही पच्चीस हजार रूपए की गुटखा गुड़ाखू तम्बाकू और सिगरेट जब्त किया

दूर्ग जिले के नगर पालिक निगम भिलाई के खम्हरिया क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आठ सौ छियानवे आवासों का रूका हुआ काम भी शुरू हो गया है फिलहाल एक सौ उनतीस मजदूर इस काम में लगे हुए हैं कार्य के दौरान लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है कार्य शुरू होने के पूर्व सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है इसके बाद एक एक मजदूर को प्रवेश स्थल पर लगाए गए सेनेटाईज टनल से होकर गुजरना पड़ता है यह प्रक्रिया सभी मजदूरों को पूरी करनी पड़ती है इसके अलावा सोशल डिस्टेसिंग बनाए रेखने के साथ मास्क का उपयोग सभी मजदूरो द्वारा किया जा रहा है यहां छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार के मजदूर भी काम में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यपालन अभियंता एसके साहू ने बताया कि कार्यस्थल पर प्रशासन के नियमों का पालन हो रहा है यह नहीं इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग को जा रही है उन्होंने बताया कि कार्यस्थल में एक ही जगह पर भीड़ न हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है

कांकेर जिले के बेवर्ती मांझापारा के किशन राम साहू ने बताया कि किसानों के खाते में किसान सम्मान योजना के तहत दो हजार रूपये की राशि आई है जिससे उन्हें काफी राहत मिली है

इस योजना से ग्रामीणों को घर बैठे अपने वनोपज का सही मूल्य मिल रहा है

सूरजपुर के डीएफओ जेआर भगत ने घटना की पुष्टि करर्त हुए बताया कि दोनों ग्रामीण कोरंधा और बंशीपुर के रहने वाले थे उन्होंने बताया कि हाथियों की देल की चपेट में आने से इनकी मौत हई है उन्होंने बताया कि जल्द ही जंगल से लगे गांव के सरहदी इलाकों में एलीफेंट प्रफ ट्रेंज के माध्यम से हाथियों को जंगल में रखने की योजना बनाई जा रही है इस योजना के बन जाने से हाथियों का दल रिहायशी इलाकों तक नहीं पहुंच सकेगा माओवादी वारदात सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों की टीम ने तालाशी अभियान के दौरान पांच नग भरमार बंद्क और माओवादी सामग्रियां बरामद की हैं मिली जानकारी के अनुसार भेज्जी थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों के जवान तलाशी अभियान के लिए निकले थे इस दौरान मैलासुर के जंगल में जवानों को देख माओवॉदी हथियार छोड़कर भाग गए उधर कोंडागांव जिले में सीआरपीएफ के जवानों ने बालासर से खचगांव में तलाशी अभियान के दौरान छह किलो का पाइप बम बरामद किया है जिसे जिला पुलिस बल की मदद से मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया संक्षिप्त समाचार दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से दो कर्मचारी झलस गए हैं बलौदाबाजार जिले के ग्राम बिजराडीह में पुलिस ने मितानिन के साथ मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया जांजगीर चांपा जिले में स्थित अमझर प्लांट के सुरक्षा गार्डो के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने एक सरपंच सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है राजनांदगांव जिले में एक यूवती और उनके परिजनों के अपहरण के मामले में फरार आरोपी शिवरतन गप्ता को मोहला पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है दुर्ग जिले की पुलिस ने सुपेला स्थित एक लॉज के संचालक और उसके केयर टेकर को गिरफ्तार किया है उन पर लॉकडाउन के दौरान कमरों की बुकिंग करने का आरोप है

वहीं इसी जिले की बसना पुलिस ने ग्राम पैता में दो सौ पैंसठ लीटर अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शक्ला ने कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में बकरकटटा के टीआई सहित तीन पुलिस कर्भियों को लाईन अटैच कर दिया है वहीं राजनांदगांव पुलिस ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई आठ गाड़ियों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है